सभी सुरक्षा उपायों का पालन करें और पैंतालीस वर्ष से ऊपर के सभी लोग बेहिचक टीका लगवाएं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

स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने आज नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि कोवैक्सीन और कोविशील्ड दोनों ही टीके ब्रिटेन और ब्राजील के वायरस से भी बचाव करने में सक्षम है उन्होंने बताया कि दक्षिण अफ्रीका के वायरस के बारे में काम चल रहा है श्री भूषण ने बताया कि पहली अप्रैल से पैंतालीस वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों के टीकाकरण का लक्ष्य रखा गया है उन्होंने कहा कि इसके लिए कोविन वेबसाइट पर अग्रिम पंजीकरण कराया जा सकता है या दोपहर तीन बजे के बाद नजदीकी टीकाकरण केन्द्र पर पहचान दस्तावेज दिखाकर भी पंजीकरण कराया जा सकता है

आज दिल्ली के हृदय और फेफडा रोग संस्थान में कोविड का दूसरा टीका लगवाने के बाद उन्होंने लोगों से टीका लगवाने के लिए आगे बढने और टीकाकरण को जन आंदोलन का रूप देने की अपील की उन्होंने लोगों से टीके के किसी भी दुष्प्रचार पर विश्वास न करने को भी कहा स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि टीका लगवाने के बाद भी संक्रमित होने के कुछ ही मामलों की पुष्टि हुई है उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि टीका लगवाने के बाद संक्रमण होने की संभावना बहुत कम रह जाती है और अस्पताल में भर्ती होने की भी आवश्यकता नहीं पडती है बाईट डॉ हर्षवर्धन परसो यानी एक अप्रैल से देश के हर पैंतालीस वर्ष से ऊपर के व्यक्ति को वैक्सीनेशन देश में जो पचास हजार से ज्यादा रथानों पर सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में स्वास्थ्य केन्द्रों में भारत सरकार और सभी स्टेट गवर्नमेंटस ने मिलकर व्यवस्था की है वहां पर उपलब्ध रहेगी आप सब बड़ी संख्या में अपना रजिस्ट्रेशन कराए और रजिस्ट्रेशन के अलावा लोगों के लिए सभी केन्द्रों पर दोपहर बाद इस प्रकार की व्यवस्था भी है कि आप वैक्सीनेशन साइट पर जाकर भी अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं मैं सभी देशवासियों के बेहतर स्वास्थ्य की कामना करता हूं देश भर में कोविड के मामलों में तेजी आने के मुद्दे पर स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि पिछले अट्ठाईस दिनों से देश के चार सौ तीस जिलों में एक भी मामले की पुष्टि नहीं हुई है

तो वैक्सीनेशन काफी तेजी से होगा और उम्मीद है कि दो से तीन महीनों के अंदर हम इस लक्ष्य को पूरा कर लेंगे और उससे हमें जो अभी कोविड का एक चक्र चालू हुआ है जिसमें केसेज काफी तेजी से बढ़े हैं आठ हजार केस थे फरवरी लास्ट तक और अभी हमारे पास करीब करीब सिक्स्टी सिक्स्टी टू थाउजेंड केसेज रोज आ रहे हैं तो उम्मीद है कि इस साइकिल को ब्रेक हम कर पायेंगे

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने बताया है कि कल होली का अवकाश होने के बावजूद पांच लाख बयासी हजार से अधिक लोगों को टीका लगाया गया नीति आयोग में स्वास्थ्य से संबंधित सदस्य डॉक्टर वी के पॉल ने आकाशवाणी के साथ बातचीत में इसे महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया है

स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार इस दौरान सैंतीस हजार से अधिक रोगी स्वस्थ हुए हैं इसके साथ ही स्वस्थ होने वालों की संख्या बढकर एक करोड़ तेरह लाख हो गई है इस समय देश में पांच लाख चालीस हजार से अधिक सक्रिय मामले हैं इधर बिहार में कल कोविड के दो सौ उनचालीस नये मामले दर्ज किये गये हैं पटना में सबसे अधिक एक सौ छह मामलों की पुष्टि हुई है वहीं संतानवे मरीजों को उपचार के बाद अस्पताल से छुट्टी दी गयी है प्रदेश में वर्तमान में कोरोना के सक्रिय मरीजों की संख्या एक हजार चार सौ सतासी है नागर विमानन महानिदेशालय ने देश के सभी हवाई अड्डों पर कोविड उन्नीस से संबंधित सभी दिशा निर्देशों का पालन करने को कहा है आज एक परामर्श जारी कर महानिदेशालय ने बताया है कि क्छ हवाई अड्डों पर कोविड के दिशा निर्देशों के पालन में ढिलाई बरती गई है और यह संतोषजनक नहीं रहा है परामर्श में सभी हवाई अड्डा संचालकों से कहा गया है कि वे यात्रियों के मास्क ठीक से पहनने नाक और मुंह ढकने तथा सुरक्षित दूरी बनाए रखने को सुनिश्चित करें हवाई अड्डा प्रशासन से दिशा निर्देशों का पालन न करने वाले लोगों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करने को भी कहा गया है

होली के मौके पर विधि व्यवस्था और पुलिस सख्ती के दावों के उलट राज्य भर से हिंसक घटनाएं सामने आईं पुलिस गोलीबारी झड़प और शराब पीकर वाहन चलाने वालों को रोकने में प्ररी तरह विफल रही राजधानी पटना में ही गूट संघर्ष में पांच लोगों की हत्या कर दी गई वहीं नशे में गाड़ी चलाने के कारण समस्तीपूर में दो अलग अलग सड़क द्र्घटनाओं में चार लोगों की मौत हो गई नालंदा के तेल्हाड़ा में होलिका दहन के दिन एक ट्रक के अनियंत्रित होकर कुछ द्वकानों में घुस जाने से पांच लोगों की मौत हो गयी वहीं आधा दर्जन लोग घायल हो गये सभी मृतक तेल्हाड़ा और जहानाबाद के रहने वाले थे भीड़ भाड़ वाले इलाके में हुये इस हादसे से आक्रोशित लोगों ने घटनास्थल पर पहुंची पुलिस पर पत्थरबाजी की जिसमें एक दारोगा समेत पांच पूलिस कर्मी घायल हो गये अररिया जिले के पलासी प्रखंड के छातापुर पंचायत के कबैया गांव में लगी भीषण आग में छह बच्चों की झुलसकर मौत हो गयी पलासी के प्रखंड विकास पदाधिकारी ने बताया कि मकई के भूसे में लगी आग से उठी चिंगारी से यह दुर्घटना हुई मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने छह बच्चों की झुलसकर मौत हो जाने पर गहरा द्ःख व्यक्त किया है मुख्यमंत्री ने द्र्घटना में मृत बच्चों के परिजनों को तत्काल चार चार लाख रूपये का अनुग्रह अनुदान देने का निर्देश अधिकारियों को दिया है वहीं भागलपुर जिले के पिरपैती थाना क्षेत्र के अठनिया गांव में एक घर में आग लगने में तीन बच्चों की झुलसकर मौत हो गयी प्रशासन की ओर से मृतक के परिजनों को चार चार लाख रूपये अनुग्रह राशि दी गयी है बांका जिले के रजौन थाना क्षेत्र के उपरामां गांव में चार झोपड़ियों में आग लगने से तीन लाख की संपत्ति जलकर नष्ट हो गयी राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का नई दिल्ली के एम्स में सफलतापूर्वक बाईपास ऑपरेशन किया गया रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने एम्स के निदेशक से राष्ट्रपति कोविंद के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली रक्षामंत्री ने उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की और सफलतापूर्वक ऑपरेशन करने के लिए डॉक्टरों की टीम को धन्यवाद दिया

इस मिशन की घोषणा पन्द्रह अगस्त दो हजार उन्नीस को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी मिशन के तहत दो हजार चौबीस तक प्रत्येक ग्रामीण घर में नल का पानी पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है करीब सात करोड़ चौबीस लाख यानी एक तिहाई से अधिक ग्रामीण घरों में नल से पानी पहंचाया जा चूका है सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के अथक प्रयास से जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण घरों में नल से पानी पहुंचाने का काम जारी है प्रत्येक राज्य और केंद्रशासित प्रदेश एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करते हुए सभी ग्रामीण घरों में स्वच्छ पीने का पानी पहुंचाने की दिशा में तेज़ी से कार्य कर रहे हैं

पूर्वी हवाओं के प्रभाव से कई स्थानों पर धूल भरी आंधी की स्थिति बनी हुई है मौसम विज्ञान केन्द्र पटना के वैज्ञानिक सुधांश कुमार ने बताया है कि उत्तर पश्चिमी दिशा से आ रही हवाओं की वजह से प्रदेश में अगले चौबीस घंटों के दौरान मौसम शुष्क रहेगा

वहीं राजधानी पटना का अधिकतम आपमान उनचालीस दशमलव छह जबकि भागलपुर का अधिकतम तापमान छत्तीस डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया राजभवन सचिवालय ने उच्च शिक्षण संस्थानों में नैक से मूल्यांकन के साथ साथ राष्ट्रीय स्तर पर होने वाली स्वच्छता रैंकिंग में भागीदारी सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है निर्देश में कहा गया है कि जो उच्च शिक्षण संस्थान स्वच्छता रैंकिंग में भागीदारी से पिछड़ेंगे या बचने का प्रयास करेंगे तो उनके अनुदान में कटौती की जायेगी इस संबंध में विश्वविद्यालय अनुदान अयोग यूजीसी ने सभी संस्थानों को परामर्श जारी किया है उल्लेखनीय है कि दो हजार बीस में राष्ट्रीय स्तर पर उच्च शिक्षण संस्थानों की स्वच्छता रैंकिंग में बिहार का एक भी संस्थान अपना स्थान नहीं बना पाया था इसे देखते हुए राजभवन ने स्वच्छता के पैमाने पर विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों की रैंकिंग की तैयारी का निर्देश कुलपतियों को दिया है पंचायत चुनाव में निर्वाचित जन प्रतिनिधियों को दोबारा चुनाव लड़ने की योग्यता की शर्त कल तक पूरी करनी है पंचायती राज विभाग ने साफ कहा है कि जिन पंचायतों के मूखिया या वार्ड सदस्यों की ओर से इकतीस मार्च तक ग्राम पंचायतों को दी गयी राशि का ऑडिट रिपोर्ट नहीं सौंपा जाता है उन्हें अगले पंचायत चुनाव के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जायेगा विभाग की ओर से पंचायतों को दी गयी पच्चीस हजार करोड़ राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र अभी तक नहीं मिला है पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन की मां मीरा सिन्हा का दिल्ली एम्स में आज निधन हो गया वह कुछ समय से अस्वस्थ थीं राज्यपाल फागू चौहान विधान सभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी ने उनके निधन पर शोक व्यक्त किया है मुख्यमंत्री ने कहा की मीरा सिन्हा बहुत ही नेक दिल और सरल हृदय की महिला थीं और सामाजिक कार्यों में उनकी गहरी अभिरुचि थी श्री कुमार ने दुःख की इस घड़ी में परिजनों को धैर्य धारण करने की शक्ति प्रदान करने की ईश्वर से प्रार्थना की भागलपुर जिले के बरारी थाना क्षेत्र में पुलिस हिरासत में सिंचाई विभाग के एक कर्मचारी की हुई कथित मौत से आक्रोशित परिजनों और गांव वालों ने थाने का घेराव कर धंटों हंगामा किया बाद में वरीय पुलिस अधीक्षक ने लोगों को समझाकर शांत कराया